देश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की बढती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उददेश्य से यह संशोधन किया गयाहै अब यह प्रावधान किया गया है कि यौन शोषण के बर्बर मामलों में अब अपराधी को सजा ए मौत भी दी जा सकेगी

श्री प्रसाद ने आज नई दिल्लीमें एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीन तलाक से संबंधित विधेयक का राजनीतिक विरोध हो रहा है जबकि यह महिलाओं को न्याय दिलाने का विधेयक है उन्होंने कहा कि इसे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसकी तुलना अन्य धर्मों से नहीं की जा सकती क्योंकि अन्य धर्मों में तीन तलाक जैसी प्रथा नहीं है

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी की तस्करी निरोधक इकाई ने इस संबंधमें अपने फील्ड अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ऐसेमामले में आयातक के विरूद्व दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है सीबीआईसी का यह परिपत्र दिल्ली उच्च न्यायालय के इस संबंध में जारी आदेश के बाद आयाहै जिसमें उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इसी तरह के एक परिपत्र पर कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी पत्र पर अमल करना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है

इससे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बोर्डस पर कार्य से संबंधित जानकारी के साथ ही वहां कामकर रहे श्रमिकों के नाम भी लिखे जाएंगे नागरिक सुचना बोर्ड लगाने से विभाग को कार्यस्थलों की जियो टैगिंग के लिए कराए जाने वाली फोटोग्राफी में भी आसानी होगी

श्री डोटासरा ने आज अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से कहा कि सरकार पूर्व में बंद करदिए गए सरकारी स्कूलों के अलावा स्थानांतरण और पाठ्यक्रम में किए बदलाव की समीक्षा करेगी

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गयाहै कि वे फरवरी तक अपने क्षेत्र केस्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट मेजें इस दौरान अगर किसी विद्यालय में विद्यार्थियों काशैक्षिक स्तर कमजोर पाया जाता है तो अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएगी निरीक्षण के दौरान आरटीई कानून के तहत निशुल्क प्रवेश पुनर्भरण और शिक्षकों के लंबित मामलों की भी जानकारी ली जाएगी

श्री पायलट ने प्रदेशवासियों को शुभकामना दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी

कपकपाने वाली ठंड से लोग परेशान है तापमान के शून्य से नीचे चले जाने से खतों में हल्की बर्फ की चादर नजर आने लगी हैं वहीं घरों में खुले में बर्तनों में पानी जमने लगा है

संघ ने जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर यह मांग की है

नागौर फलोदी मार्ग पर सिंगड़ गांव के पास जीपन और मोटरसाइकिल की टक्करमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया